कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और ंतीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की

श्री मोदी ने देशवासियों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की

ग्राम पंचायतों के महत्व का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रत्येक नीति और प्रयासों में गांवों को केन्द्र में रखकर आगे बढ रहा है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र आधनिक भारत के गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहता है

ये पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार नानाजी देखमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार जैसी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए

सचिव पंचायती राज हरीश सेमवाल ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत जिला पंचायत पिथौरागढ़ क्षेत्र पंचायत जखोली रुद्दप्रयाग क्षेत्र पंचायत द्वारीखाल पौड़ी ग्राम पंचायत सिमलास ग्रांट डोईवाला देहरादून ग्राम पंचायत मथ पुरोला उत्तरकाशी ग्राम पंचायत देवजनि मोरी उत्तरकाशी और ग्राम पंचायत पुरोहित वाला सहसपुर देहरादन को पुरस्कत किया गया जबकि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा का पुरस्कार ग्राम पंचायत दिवाडी नौगाव उत्तरकाशी ग्राम पंचायत विकास योजना का पुरस्कार ग्राम पंचायत अटक फॉर्म सहसपुर देहरादून एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार बादाम वाला सहसपुर देहरादून को दिया गया है

इन सभी घायलों को सेना के हेलीकाप्टर से मिलेटी हास्पिटल जोशीमठ में भर्ती कराया गया है जहां एक व्यक्ति को हालत गंभीर होने पर मिलेट्री हास्पिटल देहरादून के लिए रेफर किया गया है सेना की टीम कल रात से ही लगातार रेस्क्यू के कार्य में लगी हुयी है और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से लगातार घटना स्थल की जानकारी ली जा रही है समाचार लिखे जाने तक घटना स्थल पर रेस्क्यू के साथ साथ सड़क से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री आपदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज जोशीमठ के सुमना में ग्लेशियर टूटने वाले क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में जिला प्रशासन पुलिस सेना और आईटीबीपी के उच्चाधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा कर राहत व बचाव कार्यो को जल्द से जल्द पुरा करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौके पर सेना आईटीबीपी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम राहत व बचाव कार्य में ज्टी हयी है कोविड समीक्षा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर दोषियों के र्खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर बाहर से आने वालों की सख्त चौकिंग की जाये और बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के न आने दिया जाए उन्होंने बताया कि राज्य के प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और बाहर से आने वाले प्रवासियों को उनके घर भेजकर होम आइसोलेशन में रखा जाए मुख्यमंत्री ने अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई रेमडेसिवर की मात्रा और तय दर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि आक्सीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सेंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किया जाये जहां लोगों को विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी मिल सके और जरूरी होने पर व्यक्ति को किस अस्पताल जाना चाहिए

मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल की व्यवस्था पर खास ध्यान दिये जाने पर जोर देते हुए कहा कि टेस्ट के लिये सैम्पल लेते ही मरीज को दवाई भी उपलब्ध करा दी जाए इस बीच मुख्यमंत्री ने वर्चअल माध्यम से आयोजित सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की

विशेष कॉरीडोर केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा परिवहन के लिए विशेष कॉरीडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोविड स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों का निर्देश दिया एक विशेषज्ञ समूह विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन तर्कसंगत बनाने तथा इसके परिवहन में तेजी लाने के उपाय कर रहा है केन्द्र सरकार ने केवल कुछ अनिवार्य सेक्टरों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी है मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया